राज्यपाल अनुसुईया उइके अनुसूचित क्षेत्रों में जाकर करेंगी जनसुनवाई

पहले दिन कल देशभर में दस लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ में करीब साठ हजार मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज अपने कार्यालय में कर्मचारियों की बैठक लेकर मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए सभी जिलों में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की लॉन्चिंग के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा श्री साह ने बताया कि मतदाता सत्यापन का यह कार्यक्रम पंद्रह अक्टूबर तक चलेगा इसके तहत सभी मतदाता सूची में प्रविष्ट उनकी व्यक्तिगत जानकारी का डिजिटल सत्यापन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनवीएसपी डॉट इन या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं इसके साथ ही दिव्यांग मतदाता जिला संपर्क केन्द्र और हेल्पलाइन एक नौ पांच शून्य के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं सत्यापन के लिए मतदाता अपने पासपोर्ट ड्रायविंग लाइसेंस आधार कार्ड राशन कार्ड शासकीय या अर्द्व शासकीय पहचान पत्र बैंक पासबुक किसान पहचान पत्र आदि का उपयोग कर सकते हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देश में साइबर अपराधों की सुगम रिपोर्टिंग के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है इस पोर्टल में कोई भी नागरिक ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करा सकता है राष्ट्रीय स्तर के इस पोर्टल पर दर्ज की शिकायत संबंधी राज्य के नोडल अधिकारी को प्राप्त होगी ये शिकायतें दो श्रेणियों में होंगी पहली श्रेणी महिलाओं बच्चों तथा दूसरी श्रेणी अन्य साइबर शिकायतों के रूप में प्रलिस मुख्यालय की तकनीकी शाखा के नोडल अधिकारी को प्राप्त होगी अधिकारियों ने बताया कि साइबर क्राइम राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतें संबंधित जिले और थाने को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी राज्य स्तर पर साइबर संबंधी अपराधों की सतत् निगरानी भी की जाएगी ताकि समय सीमा में निराकरण किया जा सके इसके लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है नागरिकों की सुविधा के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर टोल फ्री नंबर एक पांच पांच दो छह शून्य भी उपलब्ध कराया गया है जहां कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है राज्यपाल जनसुनवाई राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची के तहत प्रदत्त अधिकारों का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं इसके लिए वे इन क्षेत्रों में जाकर जनसुनवाई करेंगी

दौरान स्थानीय वरिष्ठ सुश्री उइके ने कल राजभवन में उनसे मिलने आए छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर के प्रतिनिधिमण्डल के साथ चर्चा के दौरान यह बात कही प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि अनुसूचित जनजातियों को संविधान में प्रदत्त अधिकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा प्रावधानों का क्रियान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है अनुसूचित क्षेत्रों में पांचवी अनुसूची के तहत ग्राम सभा की अनुमति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का प्रावधान है शिक्षक सम्मान शिक्षक दिवस के अवसर पर पांच सितंबर को प्रदेश के अड़तालीस शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत किया जाएगा इनमें से चवालीस शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और चार शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित चवालीस शिक्षकों में से प्रत्येक को इक्कीस हजार रूपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा इसके अलावा प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को पचास हजार रूपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा चयन समिति द्वारा आठ उत्कृष्ट शाला भी घोषित किए गए हैं इन स्कूलों को भी समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में प्राथमिक पूर्व माध्यमिक हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्तर के दो दो स्कूलों का चयन किया गया है प्रत्येक प्राथमिक शाला को दस हजार रूपए पूर्व माध्यमिक और हाईस्कूल को पंद्रह पंद्रह हजार और हायर सेकेण्डरी स्कूल को पच्चीस हजार रूपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा राष्ट्रीय पोषण माह कल से शुरू हो रहा सितंबर का पूरा महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा इस वर्ष का मुख्य विषय है पूरक पोषण सम्पूर्ण पोषण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का समग्र पोषण अभियान कई मंत्रालयों की भागीदारी से चलाया जा रहा अभियान है जिसका उद्देश्य वर्ष दो हजार बाईस तक देश से क्पोषण को दूर करना है स्वच्छता पखवाड़ा प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में कल एक सितम्बर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा पंद्रह सितंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों शिक्षकों अभिभावकों स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से स्वच्छता संबंधी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी वहीं एक और दो सितम्बर को स्वच्छता शपथ दिवस मनाया जाएगा

मुख्यमंत्री निर्माण सामग्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जम्मू कश्मीर के कटरा में कोंकण रेलवे कार्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे पुल के लिए निर्मित स्ट्रक्चर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम बिरेभाठ में मुख्यमंत्री ने इस निर्माण सामग्री की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई इस मौके पर श्री बघेल ने इस बात पर खुशी जताई कि कटरा में चिनाब नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल निर्माण के लिए स्ट्रक्चर की पहली खेप छत्तीसगढ़ के भिलाई से रवाना की जा रही है छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति प्रदेश में छत्तीसगढ़ी फिल्मों का विकास होगा इसके लिए राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों की फिल्म नीतियों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ के लिए नई फिल्म नीति बनाने जा रही है वहीं छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने पर आने वाले खर्च की सत्तर प्रतिशत राशि दिए जाने के संबंध में मसौदा तैयार करने पर भी विचार किया जा रहा है नवा रायपुर अटल नगर में जंगल सफारी के नजदीक करीब सत्तर एकड़ क्षेत्र में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नवा रायपुर में आयोजित स्मार्ट सिनेमा अवॉर्ड कार्यक्रम में यह जानकारी दी उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी फिल्म दाऊ मंदरा जी को टैक्स फ्री करने की भी घोषणा की बातों बातों में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य आगामी छह सितंबर से शुरू हो रहा है यह कार्य लोकसभा या विधानसभा चुनाव से किस तरह से अलग है और कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वा सकता है इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह से इस भेंटवार्ता का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत कल रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं प्रदेश के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मिली जानकारी के मुताबिक समुद्र तल पर एक द्रोणिका बनी हुई है जो अनूपगढ़ ग्वालियर अंबिकापुर होते हुए उत्तर अंडमान से होकर गुजर रही है वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश पर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है इसके असर से बीते चौबीस घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है माकड़ी में सर्वाधिक अट्ठारह सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में रायगढ़ की पूर्व सांसद रजनीगंधा देवी का आज रायपुर में निधन हो गया बयासी वर्षीय श्रीमती रजनीगंधा सारंगढ़ के राजा नरेश चन्द्र सिंह की बेटी थी वे उन्नीस सौ सड़सठ में चौथी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर नागपुर बिलासपुर कटनी और अनूपपुर अंबिकापुर सेक्शनों में मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते एक से तीस सितंबर तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा दंतेवाड़ा जिले में कुआंकोंडा थाना क्षेत्र के छोटेगुडरा के चालाकीपारा में माओवादियों ने धारदार हथियार से एक उप सरपंच की हत्या कर दी बस्तर जिला पुलिस ने तीन वाहन से करीब नौ क्विंटल गांजा के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत करीब छप्पन लाख रूपये बताई गई है राजधानी रायपुर के टाटीबंध चौक पर चारपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी इस हादसे में पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया